निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान केन्द्रों पर पेन्टिंग्स लगाकर दिया जायेगा अवश्य मतदान का संदेश कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के मामलों को निपटाने के लिये केन्द्र ने किया मंत्री समुह गठित महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा समूह तीन महीने के अंदर मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा

इससे पहले आज कोटा में प्रदेश महिला कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने भरोसा दिलाया कि वे महिलाओं को राजनीति में उचित स्थान दिलायेंगे राहुल गांधी ने कहा कि इस बार के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकिट देने में उचित प्राथमिकता दी जायेगी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस नम्बर पर आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन संबंधित परिवाद दर्ज कराये जा सकते है उदयपुर में मतदाता जागरुकता महोत्सव के तहत शहर के रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और राजकीय नर्सिंग कॉलेज एमबी हॉस्पिटल के विद्यार्थियों को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलवाई गई चित्तौडगढ में दीपदान मतदान संकल्प आयोजन के मौके पर गंभीरी नदी का तट सैकड़ों दीपकों की स्वर्णीम रोशनी से जगमगा उठा शहरवासियों ने स्वीप के तहत चल रहे शरदोत्सव के रंग मतोत्सव के संग आयोजन श्रृंखला के तहत दीपदान किया शहरवासियों ने दीपदान करके स्वयं तो मतदान का संकल्प किया ही साथ ही अधिकाधिक मतदाताओं को प्रेरित करने का भी निश्चय किया

हमारे झालावाडा संवाददाता ने बताया कि रैली शहर के विभिन्न मार्गो से होकर गुजरी जिसके प्रति लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया

एक विज्ञप्ति के जरिये श्री पायलट ने लिखित में आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव के लिये बनाये जाने वाले घोषणा पत्र में इस मुद्दे को प्राथमिकता से शामिल किया जायेगा

मंत्री समूह की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को मंत्रिसमूह का सदस्य बनाया गया है मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मंत्री समूह बनाने के लिये धन्यवाद देते हुए कहा कि मंत्रिसमूह तीन महीने के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा और आगे के उपाय सुझाएगा गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चले मी टू अभियान के तहत कई महिलाओं ने प्रतिष्ठित और अन्य लोगों पर यौन शोषण के आरोप लगाये थे इसी के मद्देनजर केन्द्र ने ये कदम उठाया हैं

अजमेर के प्रष्कर में भी काफी संख्या में श्रद्धाल पहच रहे है

देवस्थान विभाग के शासन सचिव कृष्णा कान्त पाठक ने बताया कि चयनित आवेदकों को जल्दी ही यात्रा की नई तारीख के बारे में जानकारी दी जाएगी उन्होंने बताया कि संबंधित यात्रियों के मोबाईल पर रेलगाडी स्थगित करने संबंधी मैसेज भेजे जा चुके हैं